कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर भाजपा की विजय संकल्प सभाएं भी आज

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नामांकन का आज अंतिम दिन है

नामांकन पत्र की जांच कल की जायेगी शुक्रवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इससे पहले कल पहले चरण के नामांकन का काम पूरा हुआ भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारन्टी च्रनावी वायदे को धोखा बताया है श्री जेटली ने आरोप लगाया कि गरीबी उन्मूलन के नाम पर नारे देकर लोगों को धोखा देना कांग्रेस का इतिहास रहा है

कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया कि इस योजना से पांच करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहंचेगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर आ रहे है उनका सूरतगढ और ब्रंदी में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले राहल गांधी श्रीगंगानगर के सूरतगढ में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद बूंदी र्मे चुनाव प्रचार करेंगे श्री गांधी शाम को जयपुर में शक्ति कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भी विजय संकल्प सभाओं का आयोजन किया जायेगा जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे

सबसे पहले प्रदेष चुनाव प्रभारी प्रकाष जावडेकर के आवास पर बैठक हुई इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की दूसरी ओर कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई जिसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लिए प्रत्याषियों के नाम पर मंथन किया गया गौरतलब है कि राज्य कांग्रेस के शार्ष नेता भी इन दिनों प्रत्याषियों के नाम तय करने को लेकर दिल्ली में ही प्रवास कर रहे हैं भाजपा की ओर से घोषित किये गए प्रत्याषियों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याषी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया वहीं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याषी गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पाल बालाजी हनुमान मंदिर में दर्षन कर अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की उधर अजमेर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज तीर्थराज पुष्कर से किया उन्होंने गउ घाट पर पवित्र पुष्कर सरोवर की विधि विधान से पूजा अर्चना की

उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को विशेष निर्देश दिए कि अपने संबंधित अधिकारियों को लगातार अपडेट रखें उन्होंने निष्पक्षता के साथ कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि अगले डेढ दो महीने की सजगता और कार्यविधि से हम बेहतरीन परिणाम दे पाएंगे इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता जिनका नाम नामांकन सूची में नहीं है वे अब भी अपना नाम सूची में जुडवा सकते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु आज जयपुर आयेंगे वे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साईसेज एण्ड टैक्नोलोजी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शाामिल होंगे जोधप्र सहित प्रे पश्चिमी राजस्थान की जीवन दायिनी इंदिरा गांधी नहर में पंजाब से आने वाला पानी आज थम जाएगा

क्लोजर को देखते हुए जलदाय विभाग ने कुछ माह पहले तैयारी शुरू कर दी थी इसके तहत अलग अलग जलस्रोतों में पानी का संग्रहण किया जा रहा था जालोर जिले के सांचोर में नर्मदा नहर की गुजरात में मरम्मत को लेकर नहर में पानी सप्लाई बंद होने से पेयजल प्रोजेक्ट से जुडे गांवों में समस्या पैदा हो गई है जालौर सांचोर और भीनमाल सहित कई गावों में पेयजल के अन्य वैकल्पिक जलस्त्रोत की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है

कार्यषाला में रेलवे पुलिस श्रम विभाग बाल अधिकारिता विभाग तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया

शिप्ल ग्राम में आज शाम इसका उदघाटन होगा पांच दिन तक चलने वाले उत्सव में रोजाना शिल्प मेला लगेगा